उन्होंने कहा कि भारत की सीमा में चीन का एक भी सैनिक नहीं है न वहां कोई हमारी सीमा में घुसा हुआ है और न ही हमारी कोई पोस्ट दूसरे के कब्जे में है प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है उन्होंने कहा कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पुरी तरह सक्षम हैं हमने उन्हें यथोचित कार्रवाई के लिए पुरी छट दी हुई है वहीं विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और चीन पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थिति का सैन्य और राजनयिक माध्यमों से समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन उपलब्ध कराने की व्यापक योजना गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरूआत करेंगे वीडियो कांफ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री बिहार के खगडिया जिले के तेलीहार गांव से इस अभियान का शुभारंभ करेंगे इस योजना का उद्देश्य अपने राज्यों को लौटे मजदूरों और ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है एक सौ पच्चीस दिनों के इस अभियान को मिशन मोड पर लागू किया जाएगा योग दिवस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से कहा है कि कल रविवार को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पररस्पर सुरक्षित दूरी के मानदंडों का पालन करते हुए घर पर अपने परिवार के साथ ही मनाएं एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि योग दिवस एक सार्वजनिक आयोजन होता है लेकिन यह असाधारण समय है और इसलिए हमें घर पर ही रहकर मनाना होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जुझ रही है लेकिन योग में मानसिक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों से निपटने की क्षमता है उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि पिछले कुछ वर्षो में खासकर युवाओं में योग की लोकप्रियता बढ़ी है इस बीच पर्यटन मंत्रालय द्वारा आज देखो अपना देश वेविनार समारोह का आयोजन किया जा रहा है जिसमें पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह भाग लेंगीं तथा सदगुरू जगी वासुदेव के साथ एक संवाद का भी आयोजन होगा इस सत्र का नाम होगा भारत एक सांस्कृतिक खजाना यह कार्यक्रम दोपहर दो से तीन बजे आयोजित किया जाएगा

इनमें अधिकांश संक्रमित व्यक्ति दूसरे राज्यों से हिमाचल वापिस आए हैं

समझौता ज्ञापन आवास और शहरी कार्य मंत्रालय तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए सिडबी को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाली एजेंसी बनाने के लिए ये समझौता किया गया है मंत्रालय ने रेहड़ी पटरी के कारोबार से जुडे लोगो के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि यानि पीएम स्वनिधि योजना पहली जून को शुरू की थी लॉकडाउन के दौरान ब्री तरह प्रभावित रेहड़ी पटरी वालों को किफायती ऋण उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शुरू की गई है

अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने शहीद अंकृश ठाकृर की अंत्येष्ठी से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है शहीद की पार्थिव देह पर ऊना से हमीरपुर तक पुष्प वर्षा नम आंखों से दी अंकृश को अंतिम विदाई दिव्य हिमाचल ने लिखा है हिमाचली सपूत को नम आंखों से विदाई पंजाब केसरी के शब्द हैं शहीद अंक्श के परिजनों से आज मिलेंगे मुख्यमंत्री सोशल डिस्टैंसिंग के कारण शहीद के अंतिम संस्कार में नहीं हुए शामिल आपका फैसला का शीर्षक है शहीद अंकुश ठाकुर राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन

इसी समाचार पत्र की एक अन्य खबर है कोरोना के चलते किन्नर कैलाश यात्रा पर रोक दैनिक भास्कर ने खबर दी है राज्य मानवाधिकार आयोग को डेढ़ दशक बाद मिला अध्यक्ष पूर्व जस्टिस पीएस राणा अध्यक्ष व पूर्व आईएएस अजय बने सदस्य दैनिक सवेरा टाइम्स की सुर्खी है सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच हिमाचल चौकस मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अधिकारियों के साथ बैठक जबकि आपका फैसला ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है केंद्र व सरकार हर स्थिति से निपटने में सक्षम दिव्य हिमाचल की एक खबर है बद्दी के पांच टैक्सटाइल उद्योगों को उत्पादन बंद करने के एनजीटी के आदेश